आज प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाया जाएगा

शहीद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल आतंकी हमले में कांगड़ा जिले के ज्वाली क्षेत्र के देवा गांव के जवान तिलक राज शहीद हो गए हैं

उनके शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है उन्होंने शोक संतत्प परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है किसान सम्मान ऊना जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए प्रशासन द्वारा पंचायत स्तर पर जागरूकता व सुगमता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इनमें से करीब एक हजार किसानों के नाम वैबसाईट पर अपडेट कर दिए गए हैं

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में रूक रूक बारिश का दौर आज भी जारी है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भारी हिमपात हो रहा है हमारे केलंग प्रतिनिधि ने बताया कि कोकसर में डेढ़ फूट और केलंग में दस इंच के करीब बर्फबारी हुई है

किन्नौर कुल्लू और चंबा के उंचे क्षेत्रों में भी हिमपात का कम जारी है इधर राजधानी शिमला में आज बादल छाए हुए हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है अटल के नाम पर होगा मेडिकल विश्वविद्यालय संस्कृत हिमाचल की दूसरी राजभाषा विधानसभा में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने रखे संशोधन विधेयक दैनिक भास्कर लिखता है संस्कृत होगी हिमाचल की दूसरी राजभाषा विधानसभा में बिल पेश पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है केंद्र से उठाएंगे आरट्रैक को शिमला से शिफ्ट करने का मामला जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आरट्रैक शिफ्ट नहीं होने देंगे हिमाचल दस्तक का कहना है शिमला से नहीं जाने देंगे आर्मी ट्रेनिंग कमांड आपका फैसला के मुताबिक शिमला में ही रहे आर्मी कमांड पीएम से करेंगे बात इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने उठाया आरट्रैक के शिफ्ट होने का मुद्दा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आंतकी हमले में कांगड़ा के जवान के शहीद होने की खबर भी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है अमर उजाला का शीर्षक है कांगड़ा के जवाली का जवान तिलक राज देश पर कुर्बान दैनिक जागरण के शब्द हैं हिमाचल के सपूत ने भी पाई शहादत वहीं पंजाब केसरी लिखता आतंकी हमले में कांगड़ा जिला का जवान शहीद दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है नदी व जलाशय जल के उपयोग को बनेगी नीति

बोर्ड परीक्षाओं से पहले बनेंगी फ्लाइंग टीम शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है शिक्षा मंत्री के निर्देश फ्लाइंग टीम में मुख्याध्यापक व शिक्षक नहीं होंगे शामिल वहीं हिमाचल दस्तक की सुर्खी है बोर्ड परीक्षाओं में इस बार तीन उड़नदस्ते मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है पहाड़ बर्फ से फिर लकदक मनाली कुफरी में भी हिमपात

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ दवा नियंत्रक की ओर से ऐसे मामलों में सख्ती बरती जानी चाहिए